मिली जानकारी के अनुसार रामस्वरूप शर्मा अपने दिल्ली स्थित निवास में मृत पाए गए

शोकोदगार प्रदेश विधानसभा ने सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक जताया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में राम स्वरूप शर्मा के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया और उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन को सूचित किया कि आज सुबह मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा का निधन हो गया है जो इस पूरे सदन के लिए बहुत ही दुखद घटना है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शोकोदगार प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्हें अत्यंत दुख हो रहा है कि रामस्वरूप शर्मा अब हमारे बीच नहीं हैं

वे पार्टी में कई पदों पर रहे जयराम ठाकुर ने कहा कि राम स्वरूप के निधन से पूरे प्रदेश को क्षति हुई है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद घड़ी है हिमाचल ने राजनीति के बहुमूल्य सदस्य को खो दिया है अग्निहोत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शोकोद्गार में कहा कि वे विद्यार्थी परिषद के समय राम स्वरूप शर्मा के संपर्क में आए थे और संगठन में सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर वन मंत्री राकेश पठानिया विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज विधायक प्रकाश राणा राकेश जम्वाल कर्नल इंद्र सिंह नंद लाल हीरा लाल किशोरी लाल विनोद कुमार जवाहर ठाकुर व सुंदर ठाकुर ने भी राम स्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया बाद में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सदन की कार्यवाही दिवंगत राम स्वरूप शर्मा के सम्मान में कल तक के लिए स्थगित कर दी प्रश्नकाल प्रदेश में बीते तीन सालों में बेनामी संपत्ति और भूमि के क्रय विक्रय का कोई भी मामला नहीं पाया गया है जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में बेनामी संपत्ति को लेकर विधायक राजेंद्र राणा द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में सदन को ये जानकारी दी राणा ने सवाल किया था कि बेनामी संपत्ति के तहत बीते तीन सालों में कितनी भूमि का कम मूल्यांकन हुआ और इस कारण सरकार को अलग अलग संपत्तियों और जमीनों से कितना आर्थिक नुकसान हुआ